इस अवसर पर वित्त मंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्रेक्षण और नमूनों की जांच को बढाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और यह सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलिवरी तंत्र का जायजा लिया श्री मोदी ने निरंतर तथा सही वैज्ञानिक जांच और प्राचीन चिकित्सा औषधियों की वैधता की आवश्यकता पर भी जोर दिया उन्होंने इस मुश्किल समय में सबूत आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री ने नमूनों की जांच टीके और चिकित्सा के लिए सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए उपलब्ध कराने की देश की प्रतिबद्वता दोहराई उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और पूरी तरह तैयारी रखने का आहवान किया बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयराघवन वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया

स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है इस समय देश में संक्रमण के केवल ग्यारह दशमलव एक दो प्रतिशत मामले हैं कल आठ लाख बारह हजार लोग संक्रमित हैं भारत में मृत्युदर एक दशमलव दो प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी सरकारी बैठकें कोविड से संबंधित सावधानियां बरतते हुए शुरू की जाएं ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को महामारी के बारे में जागरूक किया जा सके

इस दौरान जिले के विभिन्न कार्यालयों संस्थानों एवं विद्यालयों में हाथ धुलाई के तरीकों की जानकारी एवं स्वच्छता संबंधी शपथ दिलाई गई

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोयला कर्मियों को चार हजार दो सौ रुपये अधिक बोनस मिलेगा इसका लाभ तीन लाख कोयला कर्मचारियों को मिलेगा पहली बार रांची में हई कोल इंडिया की बैठक में इस बात पर सहमति बनी सीएमपीडीआई सभागार में चार केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया

बोनस की राशि बाइस अक्तूबर तक कोयला कर्मियों के खाते में डाल दी जायेगी

जैक के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि परीक्षाओं की तिथि इसी माह घोषित की जायेंगी जैक ने परीक्षाओं के लिए राज्यभर में छह सौ परीक्षा केंद्र बनाये हैं

मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के अलावा मदरसा मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं भी होंगी इसके अलावा मॉडल स्कूल इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय जैसे स्कूलों में नामांकन के लिए होनेवाली प्रवेश परीक्षाएं भी ली जायेंगी खूंटी जिले में ग्रामीण महिलाओं ने महिला किसान दिवस मनाया इस अवसर पर सफल महिला किसानों ने अपने अनुभव साझा किए संयुक्त कृषि भवन खूंटी में आयोजित महिला किसान दिवस पर जिले के सभी प्रखण्डों से दो सौ से ज्यादा महिला किसानों ने भाग लिया इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सफल महिला किसानों के अनुभव को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है इस दौरान महिलाओं को आधुनिक तरीकों से खेती करने के माध्यमों की जानकारी दी गयी इसी कड़ी में उन्हें तकनीकी खेती के सम्बंध में भी विशिष्ट जानकारी दी गयी मौके पर महिला किसानों को खेती से सम्बंधित समस्याओं के समाधान भी बताए गए मुरह नारी शक्ति समूह की महिलाओं ने लखपति किसान बनने की ओर अग्रसर महिला किसानों की प्रगति रिपोर्ट साझा की इस मौके पर कहा कि कृषि के साथ साथ बकरी पालन मुर्गी पालन बत्तख पालन मत्स्य पालन करने से महिला किसान अपनी आमदनी दोग्नी कर सकती हैं जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे युद्ध में शहीद हुए वीरों की विधवाओं और बच्चों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में खुले दिल से दान दें

रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए काम करता है उन्हें बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए अनुदान सहायता दी जाती है यह वित्तीय सहायता सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से दी जाती है

यह दिवस हर वर्ष सात दिसम्बर को मनाया जाता है

गढ़वा जिले में हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप योजना शुरू की गयी है इसके तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिये जिला मुख्यालय में महिला आश्रय गृह का बनाया गया है इसमें एक ही छत के नीचे महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा पुलिस सहायता और कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी

सेन्टर के किला हरी ड्रिल स्क्वायर में इन नव प्रशिक्षित जवानों ने मिलिट्री की ध्वन पर बेहतरीन परेड का प्रदर्शन किया इस दौरान ट्रेनिंग के दौरान अव्वल आने वाले जवानों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत भी किया जामताड़ा जिले में साइबर पुलिस ने नारायणपुर थाना के मोचीआईडीह गांव से पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है वहीं तीन अपराधी छापेमारी के दौरान फरार हो गये एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बन कर लोगों के बैंक खातों के नंबर ओटीपी सहित अन्य जानकारियां हासिल कर उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे

और अब संक्षिप्त खबरें आपीएल की टीम चेनई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर धमकी देनेवाले नाबालिग को पुलिस कल रांची लायी थी आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था कल रांची में अदालत में पेश करने के बाद उसे रिमांड होम भेज दिया गया चतरा जिले के सिमरिया थाना पुलिस ने दाड़ी गांव में खेत में स्थित कुएं से दो माह से लापतायुवक का शव बरामद किया है इधर शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है

रामगढ़ में पुलिस ने कल देर रात लावारिस हालत में एक कार बरामद की

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है

प्रभात खबर ने दुर्गा पूजा के बाद ली जायेंगी संपूरक और लंबित परीक्षाएं खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

रांची एक्सप्रेस ने सरना धर्म कोर्ड को लेकर राज्यव्यापी चक्का जाम खबर को पहले पत्रे की लीड बनाया है